केरल के सबरीमला में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर को आज महिलाओं के लिए खोल दिया गया इलाके में तनाव जारी सतना में ट्रक से क्चलने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत प्रदेशभर में आज मनाया जा रहा है नवरात्रि महाअष्टमी पर्व

उन्होंने यह इस्तीफा मी दू के आरोपों से धिरे होने के चलते दिया श्री अकबर ने त्यागपत्र देने की जानकारी मीडिया में बयान जारी करके दी उन्होंने कहा है कि मैने इंसाफ के लिये व्यक्तिगत स्तर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है इसलिये मुझे पद छोड़कर खुद पर लगे झूठे आरोपों को चुनौती देना उचित लगा उन्होंने अपने उपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है

इसके चलते इलाके में तनाव बना हुआ है पुलिस ने सवेरे से पत्तनमतिट्टा के नीलक्कल में प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया है यह प्रदर्शनकारी मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का विरोध कर रहे हैं

महिला पुलिसकर्मियों सहित एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है

उधर केरल पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से रोका नहीं जायेगा

पार्टी ने रायशुमारी के तहत सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं से टिकट प्रत्याशी के तौर पर तीन तीन नाम प्राथमिकता पर मांगे थे इसके तहत आज भोपाल शहर की छह सीटों हुजूर नरेला उत्तर दक्षिण पश्चिम गोविंदपुरा और मध्य सीट पर रायशुमारी की गई भाजपा ने प्रत्याशी चयन की रायशुमारी के लिए मंत्री विधायक सांसद और संगठन के पदाधिकारियों की दो दो लोगों की टीम तैयार की है जिसके तहत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने स्थानीय मानस भवन में भोपाल जिले की विधानसभा सीटों के लिए रायशुमारी की

इसके अनुसार अभ्यर्थी के विरूद्व यदि कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसकी सूचना आवश्यक रूप से बड़े और स्पष्ट शब्दों में देनी होगी उन्होंने बताया कि संबंधित राजनैतिक दल जिसमें अभ्यर्थी टिकट ले रहा है को भी सूचना देना आवश्यक होगा उधर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करने के लिये नीमच में कल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं

हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई वहीं गंभीर हालत में दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं रायसेन जिला मुख्यालय के समीप एक मारूती कार में आज अचानक आग लग गई हादसे के तुरन्त बाद कार में सवार लोगों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया कार सवार खंडेरा वाली माता के दर्शन कर भोपाल लौट रहे थे एक अन्य जानकारी में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र निवासी एक पुलिस आरक्षक की घर के बाहर रखी मोटर साइकिल पर अज्ञात बदमाश ने आग लगा दी जिससे वह पूरी तरह जल गई वहीं धार जिले में भी सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई महाअष्ट्मी नवरात्रि के आठवें दिन महाअष्टमी आज देशभर में मनाई जा रही है आज बड़ी संख्या में श्रद्वालु मंदिरों में महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं

हमारे सीहोर संवाददाता ने बताया कि रेहटी स्थित मां विजयासन धाम शक्तिपीठ सलकनपुर में भक्तों का तांता लगा हुआ है

आगरमालवा के नलखेडा स्थित मां बगलामुखी के मंदिर में श्रद्वालुओं का पहुंचना जारी है वहीं जिले में अनेक स्थानों पर चुनरी यात्राओं के कार्यक्रम हो रहे हैं इधर शहडोल में भटिया देवी कंकाली देवी और विराटेश्वरी धाम में माता के दर्शन के लिये भक्त दूर दूर से पहुंचे हैं जिले के एतिहासिक सिंगपुर मंदिर में माता काली की पूजा उपासना का दौर जारी है उधर डिंडौरी और शिवपुरी में भी आज कन्याभोज के साथ हवन पूजन का दौर जारी है टीकमगढ़ में मां दुर्गा की मनोरम झांकियां सजाई गई हैं यहां धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं

सहायक संचालक राकेश खरे पर आरोप है कि सोहागपुर के परियोजना अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पर का दुरूपयोग किया सम्पत्ति विरूपण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अबतक आठ सौ पचपन अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और एक लाख उन्चास हजार से अधिक शस्त्र विभिन्न थानों में जमा कराये गये हैं

उन्होंने बताया कि संपत्ति विरूपण के अतंर्गत आठ लाख छियोत्तर हजार से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं शराब पथराव राजगढ़ जिले में जिला और पुलिस प्रशासन ने आज शराब का अवैध कारोबार करने वाले गुलखेड़ी गांव में दबिश देकर लाखों रूपये की अवैध शराब जब्त की कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों ने बाधा पहुंचाने के लिये पथराव कर दिया जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गये आधिकारिक जानकारी के अनुसार दबिश के दौरान ग्रामीणों से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की गई वहीं पुलिस ने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला पंजीबद्ध किया है मतदान महिलाएं विधानसभा चुनाव के दौरान भिंड जिले के शहरी क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में महिला कर्मचारियों की तैनाती की जायेगी जिले की पांच विधानसभा सीटों के लिये कुल एक हजार चार सौ अस्सी मतदान केन्द्र बनाये गये हैं

कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रशासन पिंक बूथ की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के तीन सौ के करीब मतदान केन्द्रों पर एक एक महिला कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा

पुलिस के अनुसार यह बच्चे मिट्टी खोदने गये थे